प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वीडियों कॉफ्रेसिंक के जरिये स्वच्छता ही सेवा है पखवाडे का उदघाटन के दौरान देश के विभिन्न अंचलों के सैकडों स्वच्छता ग्राहियों से भी बात की इसी कम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपलिया कलमी गांव के लोगों से बात की और उनके प्रयासों की सराहना की

इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन और गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अब यहां के लोगों को पासपोर्ट के लिये भोपाल या जबलपुर तक का सफर नही करना पड़ेगा कार्यक्रम में सांसद लक्ष्मीनारायण यादव भी मौजूद थे मंहगाई कांग्रेस ने आज प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मंहगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया राजधानी भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का भी प्रयास किया इस मौके पर श्री कमलनाथ ने महगाई के मुददे पर केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की

इसके लिये सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है